केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिये संशोधन विधेयक लायेगी विधेयक के पारित होने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जायेगा इससे संबंधित विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी है उच्चतम न्यायालय ने इस साल बीस मार्च को इस कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिससे इससे जुडे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गयी थी केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि विधेयक दो तीन दिनों के अंदर संसद में पेश कर दिया जायेगा इसके बाद इस कानून में वही स्थिति बहाल हो जायेगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थी श्री पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कानून के प्रावधानों को और कड़ा किया जायेगा केन्द्र सरकार ने बरौनी और सिंदरी में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने के लिये आठ सौ इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की ब्याज मुक्त अनुदान राशि मंजूर की है कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी चार सौ उन्नीस करोड़ रूपये की लागत से बरौनी और चार सौ बाईस करोड़ रूपये की लागत से सिंदरी खाद कारखाने का हिन्द्रस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कंपनी द्वारा जीर्णोद्वार किया जायेगा केन्द्र सरकार ने नवादा और औरंगाबाद जिले के देवक्ंड में दो नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में सात राज्यों में तेरह नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गयी मुजफ्फरपुर स्थित एक स्वाधार गृह से ग्यारह महिला और चार बच्चों के गायब होने के मामले में एफएसएल की टीम ने आज स्थल निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किया हमारे संवाददाता ने बताया कि मौके से शराब की कई बोतलों के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान और कागजात बरामद किये गये वहीं एसएसपी हरप्रीत कौर ने आज सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक देवेश शर्मा से इस मामले में घंटों प्रछताछ की दूसरी ओर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की टीम बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर के रिश्तेदारों और करीबी लोगों को चिन्हित कर पूछताछ की तैयारी कर रही है भोजपुर जिले के आरा स्थित बाल पर्यवेक्षण सह रिमांड होम में रह रहे बाल कैदियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है तीन बच्चों ने बाल गृह में पहले से रह रहे कई बच्चों पर सामूहिक रूप से अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया है सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है अनुमंडलाधिकारी अरूण प्रकाश ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन को इस संबंध में पत्र लिखा है राज्यपाल ने अपने पत्र में इस घटना को हृदय विदारक और मानवता के लिये कलंक बताया है श्री मलिक ने आशा जतायी है कि सरकार इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश भर में संचालित आश्रय गृहों के संचालन और उनकी निगरानी के लिये प्रभावी कदम उठायेगी ताकि वहां रहने वाले लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें इसके साथ ही राज्यपाल ने ऐसे मामलों के निपटारे के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आश्रय गृहों की सतत निगरानी का सुझाव दिया है राज्यपाल ने इस संबंध में बुद्धिजीवियों से भी राय मांगी है नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से कई तीखे सवाल किये न्यायमूर्ति ए एम सप्रे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सरकार से पूछा कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है सरकार या पंचायत खंडपीठ ने कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर होगा राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि समान काम के बदले समान वेतन से आर्थिक बोझ बढ़ेगा जिसे वहन करने में सरकार सक्षम नहीं है मुंगेर शहर के मुर्गियाचक इलाके में एक बोरवेल के गड्ढे में चौबीस घंटे से अधिक समय से फंसी तीन साल की बच्ची को बचाने के लिये अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है संभावना जतायी जा रही है कि अब से कुछ घंटों बाद एसडीआरएफ और सेना उस स्थान तक पहुंच जायेगी जहां बच्ची फंसी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने अगले पांच दिनों तक अधिकतर स्थानों पर अच्छी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और असम तक मॉनसून के सक्रिय होने के कारण पटना के आसपास और गंगा के तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज जिले के बहादुरगंज में सबसे अधिक दस सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन घाघरा बागमती कोसी गंडक और महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है कोसी नदी का जलस्तर बसुआ और बलतारा में लाल निशान को पार कर गया है वहीं पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के ध्यानी टोला के पास आरा सासाराम रेलखंड पर मिट्टी धंसने से इस मार्ग पर रेल सेवा बंद कर दी गयी है आरा होकर सासाराम और डेहरी जाने वाली सभी ट्रेनें अगले आदेश तक के लिये रद्द कर दी गयी हैं रेलवे सूत्रों ने बताया कि ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो गया है पानी की तेज धार के कारण ट्रैक को जोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है सर्वेक्षण अगस्त महीने के अंत तक चलेगा इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा इसके लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की सीधी निगरानी और नागरिकों से मिला फीड बैक शामिल है स्वच्छता सर्वेक्षण से साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे अगले वर्ष दो अक्तूबर तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा राज्य में आज से शुरू हुए वन महोत्सव के दौरान डेढ़ करोड़ पौधे लगाये जायेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज इसकी पटना से शुरूआत करते हुए कहा कि दस अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान आम लोगों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा श्री मोदी ने पौधारोपण को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिये हरियाली एप की भी शुरूआत की लोग पौधारोपण के बाद सेल्फी लेकर इसे जीयो टैगिंग करते हुए एप अपलोड कर सकेंगे श्री मोदी ने सुपौल जिले में पौधा उत्तक केन्द्र और अररिया में जैव विविधता पार्क का भी शुभारंभ किया कैमूर जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर सत्रह से पूलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है वहीं पश्चिम चंपारण जिले के भितहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के अरियरी से पुलिस ने पंद्रह लीटर देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने आज भारत नेपाल सीमा पर बाल्मिकी नगर पर्यटन केन्द्र में कौशल विकास केन्द्र का शुभारंभ किया जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने आज पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया कटिहार जिले की एक अदालत ने हत्या के सोलह साल पुराने एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने युवाओं की क्षमता का जिले के विकास में उपयोग करने के लिये यूथ फॉर डीएम के गठन का फैसला किया है इसके लिये जिले के युवा एनआईसी सीतामढ़ी और आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन दे सकते हैं अरवल जिले के करपी प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों के बीच राशि का वितरण किया गया वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के टोला बाजार मुहल्ला में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गयी सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीहाट के पास एक पिकअप वैन के पलटने से चालक की मौत हो गयी और उप चालक घायल हो गया